प्रधानमंत्री ने देश में किसी भी हिरासत शिविर की मौजूदगी को नकारा कहा यह विपक्ष की वोट बैंक की राजनीति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्विजीवी वर्ग और विद्वानों से राज्य में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन की मदद की अपील की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की जूनियर असिस्टेंट और कम्प्यूटर ऑपरेटर की चौबीस और छबीस दिसम्बर को होने वाली परीक्षाएं अब चार और दस जनवरी को होंगी घने कोहरे और शीतलहर के कारण प्रदेश में आम जनजीवन अस्त व्यस्त कई जनपदों में पच्चीस दिसम्बर तक विद्यालयों में अवकाश

उन्होंने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का किसी एक विशेष धर्म के लोगों से कृष्ठ लेना देना नहीं है उन्होंने साफ किया कि सरकार ने एनआरसी पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और यह असम से संबंधित है कल नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की धन्यवाद रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता कानून का उद्देश्य पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न के बाद भारत आए लोगों को नागरिकता देना है उन्होंने विपक्ष पर देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप लगाया श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बंगलादेश से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने संबंधी बयान का भी उल्लेख किया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अत्यसंख्यकों के साथ नेदभाव को उजागर करने का भारत के पास एक मौका था लेकिन विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के कारण यह नहीं हो सका उन्होंने सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए विपक्ष को चुनौती दी कि वे उनके कार्यो में किसी भी तरह के मेदभाव को बताएं प्रधानमंत्री ने देश में किसी भी हिरासत शिविर की मौजूदगी को खारिज किया और आरोप लगाया कि विपक्ष योट बैंक की राजनीति कर रहा है उन्होंने युवाओं से देश को विभाजित करने वाली अफवाहों का शिकार नहीं बनने की अपील की अब भी जो भ्रम में है मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्थन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है बद इरादें वाली है देश को तबाह करने में नापाक इरादों से भरी पड़ी है

श्री मोदी ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस पर हमलों की निंदा की उन्होंने कहा कि जब किसी भी स्थान पर संकट या मुश्किल आती है तो पुलिस किसी व्यक्ति से उसका धर्म नहीं पूछती उन्होंने कहा कि आजादी के बाद शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में तैंतीस हजार पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं पुलिस के जवानों को अपनी ड्यूटी करते समय जो हिंसा का शिकार होना पड़ रहा हैं उनको मारा जा रहा हैं

ये पुलिस वाले भी आप ही के थे सरकारे बदलती है पुलिस वाले किसी के दुश्मन नहीं होते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इनके लाभार्थियों से उनकी जाति या धर्म के बारे में नहीं पूछा गया है आवास योजना के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए सरकार स्वयं सामने से लोगों के झोपड़ी तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया गया न हमने कभी किसी का धर्म पूछा न हमने कभी ये पूछा कि मंदिर जाते है कि मरिजद जाते है कि गुरूद्वारा जाते है कि वर्ष जाते है हमने कभी नहीं पूछा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा है कि राज्य सरकार समाज के हर व्यक्ति के लिए है और सबका साथ सबका विकास तथा सबका विश्वास के सिद्वान्त पर काम कर रही है उन्होंने राज्य में शांति बनाये रखने के लिए बुद्विजीवी वर्ग और विद्वानों से अपील की कि वे आगे आकर प्रशासन की मदद करें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है कल लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि सपा और उसके नेता जान बूझकर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून को एक बता रहे हैं ताकि भ्रम बना रहे जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्द है श्री शर्मा ने प्रदेश के लोगों से नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों के ज्ञांसे में न आने की अपील करते हुए कहा कि इन दलों का उद्देश्य अस्थिरता पैदा करना है उधर लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि पिछले दिनों कुछ लोगों ने लखनऊ शहर की आबोहवा खराब की उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नही है उन्होंने सभी से साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखने की अपील की है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल बिजनौर के नहटौर कस्वे में बीस दिसम्बर को हुए उपद्रव में मारे गये लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने कहा कि देश को एनआरसी की कोई ज़रूरत नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर देश में महंगाई और बेरोज़गारी से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है प्रदेश में सभी जिलों में स्थिति सामान्य है और कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है वाराणसी चंदौली और अलीगढ़ सहित कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं अड़तालिस घंटे बाद कल बहाल हो गई हालांकि कुछ शहरों में इस पर अब भी रोक लगी है राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है अफवाहों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समाज के प्रभावशाली लोगों से संपर्क कर रहे हैं ताकि वे समाज में सही संदेश प्रचारित कर सकें इस बीच पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल उपद्रवियों की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं राज्य में आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अब तक आठ सौ उन्यासी लोगों को हिरासत में लिया गया है कई शहरों में प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में दो सौ अट्ठासी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग ने चौबीस और छब्बीस दिसम्बर को होने वाली जुनियर असिस्टेंट और कम्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा की तिथियों को बदल दिया है अब ये दोनों परीक्षाएं चार और दस जनवरी को आयोजित की जायेंगी आयोग की कल हुई बैठक में यह फैसला लिया गया पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की एक सौ सत्रहवीं जयंती आज किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाई जा रही है इस अवसर पर श्री चौधरी के जन्म स्थान हापूड़ में कृषि विभाग द्वारा कृषक गोप्ठी का आयोजन किया जायेगा लखनऊ बागपत सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है घने कोहरे और शीतलहर के कारण राज्य में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है गोरखपुर अयोध्या वाराणसी समेत पूर्वांचल के अधिकांश हिस्सों में कल दिन भर कोहरा छाया रहा घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है लखनऊ से गुजरने वाली लंबी दूरी की सत्ताइस से अधिक रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं पिछले चौबीस घंटों में राज्य के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से छह डिग्री कम दर्ज किया गया

गोरखपुर झांसी और बलिया में कक्षा बारह तक के विद्यालय पच्चीस दिसम्बर तक बंद रहेंगे मैनपुरी और अलीगढ़ में आज कक्षा बारह तक के विद्यालयों में अवकाश रहेगा प्रयागराज में नर्सरी से कक्षा बारह तक के विद्यालय पांच जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गये हैं जालौन में विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों में तेईस दिसम्बर और चौबीस दिसम्बर को अवकाश घोषित किया गया है इन दोनों दिनों होने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी गयी हैं ये परीक्षाएं अब क्रमशः सात और आठ जनवरी दो हजार बीस को होंगी

जालौन की माधौगढ़ तहसील के पांच लेखपालों को निलम्बित कर दिया गया है जबकि पीलीभीत में साठ लेखपालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है